इसमें जिसमें करीब चालीस देशों के प्रतिनिधि मीडिया क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति के मुताबिक भारत पहली बार कुआलालंपुर के एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान ए आई बी डी के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी इसका शुभारंभ करेगी वित्त आयोग पन्द्रहवें वित्त आयोग ने परामर्श और सहायता के लिए एक सलाहकार परिषद का गठन किया है छह सदस्यों वाली परिषद के प्रमुख फोरम फॉर स्ट्रैटेजिक इनीशिएटिव्स के अध्यक्ष अरविंद विरमानी होंगे वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि परिषद आयोग के विचारणीय बिन्दुओं से संबंधित किसी भी विषय पर उसे परामर्श देगी

विभाग सचिव पूर्णिमा चौहान ने बताया कि इसका शुभारम्म मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे इसमें प्रदेश भर के काष्ठ प्रस्तर धातु और हस्तशिल्पी भाग लेंगे आपदा किन्नौर ज़िला आपदा प्रबंधन द्वारा सत्त विकास के लिए आपदा जोखिम को कम करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है तीन दिवसीय इस कार्यशाला का शुभारम्भ उपायुक्त गोपाल चंद ने किया उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए जागरूक होना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की आपदा से निपटा जा सके राजस्व शिविर शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की दरभोग पंचायत में लोगों को राजस्व संबंधी सेवाएं देने के लिए कल राजस्व शिविर लगाया जाएगा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे और भूमि के इंतकाल व राजस्व संबंधी कार्य भी निपटाएं जाएंगे उन्होंने स्थानीय लोगों से शिविर का लाभ लेने की अपील की है एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कसौली में हुए अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला दैनिक जागरण और पंजाब केसरी का लगभग एक सा शीर्षक है किन अधिकारियों के कार्यकाल में हुआ अवैध निर्माण शीर्ष अदालत ने हिमाचल सरकार से मांगे नाम दिव्य हिमाचल के शब्द हैं कसौली गोलीकांड के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी हो कार्रवाई दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है महिला अधिकारी की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़े किए तेवर भूकंप से जुड़ी खबर भी सभी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है अमर उजाला का शीर्षक है कश्मीर से हिमाचल तक कांपी धरती

कांगड़ा कोद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल भंग होने पर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं जगदीश सिपहिया ने दिया इस्तीफा

भाजपा कोर कमेटी की बैठक से जुड़ी खबर को आपका फैसला ने शीर्षक दिया है हिमाचल में आगामी लोस चुनाव में जीत की जिम्मेदारी विधायकों पर

एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है उर्जा राज्य हिमाचल में लोगों के घर रोशन करने के लिए बिजली खरीदी जा रही है इस पर गंभीरता से मंथन करना होगा कि ऐसी नौबत क्यों आई